यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में बीस जनवरी को आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री परीक्षा में तनावमृक्त रहने के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पुणे की ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा पारिजात साहू ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए बहुत उत्सुक हैं मैने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का और उनसे बात करने का अवसर प्राप्त होगा इस कार्यक्र्म में शामिल होना मेरे पूरे जीवन के लिए एक बहत बड़ी उपलब्धि होगी मैं बहत उत्साहित हूं दिल्ली में जाने के लिए नई नई चीजें सीखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए उनसे बाते करने के लिए दिल्ली न्यायालय ने आज व्हाट्स एप और गूगल से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा से संबंधित सूचनाए दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा है न्यायालय ने पुलिस से यह भी कहा कि वह उन दो व्हाट्स एप ग्रूप के सदस्यों द्वारा शुरू में इस्तेमाल किये गये मोबाइल फोन भी जब्त कर ले जिनके जरिये पांच जनवरी की हिंसा की घटनाएं कराई गई थीं न्यायमूर्ति बुजेश सेठी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी निर्देश दिया कि वह विश्वविद्यालय भें हई हिंसा की सीसीटीवी फ़टेज पुलिस को उपलब्ध कराए न्यायालय ने ये आदेश जेएनयू के प्रो अमित परमेश्वरन अतुल सूद और शुक्ल विनायक सावंत की उस याचिका की सुनवाई करते हुए दी जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार को इस बारे में निर्देश देने का अनुरोध किया गया था

श्री योगी ने कहा कि हम सभी को इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे श्री योगी आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करते हैं

उन्होंने जनप्रतिधियों और प्रशासंनिक अधिकारियों से जनपद की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने को भी कहा

उन्होंने कहा कि इससे यवाओं विशे रूप से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा

चार दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना जयंती माला मिश्रा और नेहा बनर्जी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भोजपुरी लोकगीतों के जाने माने कलाकार भरत ार्मा व्यास और पूरे देश को अपने गीतों पर झमाने वाली अल्का याग्निक जैसे दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की असम के गुवाहाटी में चल रहे खेलो इण्डिया युवा खेलों में आज उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया प्रदेश के विजय ने दो सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता प्रदेश के ही गौरव कुमार ने जिमनास्टिक में आर्टिस्टिक इवेन्ट खिताब अपने नाम किया और प्रदेश के उत्तम यादव ने पन्दह सौ मीटर दौड़ के अण्डर सेवेन्टीन वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया निर्मया दृष्कर्म मामले के दो आरोपियों मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया इसके साथ ही इस मामले में चारों मुजरिमों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है चारों दोषियों को इस महीने की बाईस तारीख को फांसी दी जानी है उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण प्रदेश में गलनमरी ठण्ड और सर्द हवाओं का दौर जारी है

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पिछले छत्तीस घंटों में प्रदेश में सबसे कम पांच दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान सोनभद्र के चुर्क में दर्ज किया गया कानपुर में न्यूनतम तापमान पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस बस्ती में छः डिग्री सेल्सियस और गोरखपुर में सात दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की सम्भावना जताई है